पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस महानिरीक्षकों को प्रत्येक बुधवार और पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालयों पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण करने के दिए निर्देश प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारक परिवारों को चावल उत्सव के दौरान फरवरी और मार्च माह का चावल वितरित किया जाएगा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश विवेकानंद जयंती महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महान विद्वान संन्यासी और राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद के उपदेश आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके सम्मान में यह दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हर राष्ट्र की एक नियती होती है उसका एक संदेश होता है और हर राष्ट्र का एक ध्येय भी होता है भारत को भी अपने ध्येय को अपनी ध्येय प्राप्ति को प्राप्त करना ही है और इसे प्राप्त करने में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा सामर्थ्य पूरा योगदान चाहिए होता है राजधानी रायपुर में भी आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बूढातालाब स्थित स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई

आज भिलाई में आयोजित विवेकानंद जयंती समारोह में श्री बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण कौशल उन्नयन और भविष्य गढ़ने का कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि स्वामी जी बारह वर्ष की उम्र में जबलपुर से बैलगाड़ी से रायपुर आए थे वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं श्री बघेल ने युवाओं से आव्हान किया कि वे विवेकानंद के चरित्र और संदेश को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े और प्रदेश के विकास में सहभागी बने इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय नेवई में आयोजित कार्यक्रम में अड़सठ करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया इसमें विश्वविद्यालय परिसर में चार यूटीडी भवन और सेन्ट्रल लाईब्रेरी निर्माण का कार्य शामिल है इस अवसर पर श्री बघेल ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा में माल्यार्पण कर विवेकानंद युवा कौशल सेतु का शुभारंभ भी किया इधर मुख्यमंत्री श्री बघेल आज नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित विवेकानंद जयंती समारोह में भी शामिल हुए इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने शहर में शोभायात्रा निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए पुलिस समस्या निराकरण पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय में स्वयं उपस्थित रहकर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करें इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक भी प्रत्येक बुधवार को अपने रेंज के अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण करेंगे श्री अवस्थी ने पुलिस महानिरीक्षकों और अधीक्षकों से कहा है कि वे केवल उन्हीं प्रकरणों को पुलिस महानिदेशक को भेजे जिसका समाधान उनके स्तर पर संभव न हो पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल के समस्याओं के निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी हर महीने की दस तारीख तक पुलिस महानिदेशक को भेजना जरूरी होगा पुलिस महानिदेशक समस्या निवारण पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने कल अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्यभर से आये पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी उन्होंने पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा श्री अवस्थी को इस मौके पर बस्तर अंचल से आए पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने आरक्षक और सहायक आरक्षकों पद की वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी इस पर उन्होंने वेतन विसंगति का परीक्षण कराकर शासन स्तर से निराकरण कराने की बात कही पुलिस महानिदेशक ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बारहवीं वाहिनी के आरक्षक स्वर्गीय अजय एक्का की पुत्री अनुष्का एक्का को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान की उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी हर शुक्रवार को रायपुर में पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों से मिलते हैं जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में मुंगेली जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी पीडीएस चावल आवंटित प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन कार्डधारक परिवारों को चावल उत्सव के दौरान फरवरी और मार्च माह का चावल वितरित किया जाएगा खाद्य विभाग ने इस आशय का परिपत्र सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया है परिपत्र में कहा गया है कि चावल के वितरण की सूचना सभी राशनकार्ड धारकों को मुनादी और उचित मूल्य दुकानों में पोस्टर बैनर के माध्यम से दी जाए पात्र हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार एक अथवा दो महीने का चावल ले सकते हैं चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्री जैसे नमक शक्कर केरोसिन और अनुसूचित क्षेत्र में चने का वितरण राशन कार्डधारकों की मासिक पात्रता के अनुसार किया जाएगा राजस्व मंत्री समीक्षा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं रायपुर में राजस्व और आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने नामांतरण और सीमाकन के प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने को कहा श्री अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ ही प्रभावितों को तत्परता के साथ राहत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि त्वरित आपदा प्रबंधन के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में फायर ब्रिगेड की सुविधा सुनिश्चित की जाए राजस्व मंत्री ने भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण भुईया कार्यक्रम के तहत मोबाइल और आधार प्रविष्टि के अलावा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी ली उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के लिए विभागीय ढांच के अनुसार स्वीकृत पदों पर भर्ती और पदोन्नति के जरिये भरे जाने वाले रिक्त पदों पर नियुक्त के आवश्यक निर्देश दिए श्री अग्रवाल ने आबादी भूमि में भूखण्ड धारकों का सर्वेक्षण और गृहस्थल के रूप में धारित भूमि के भूमिधारी को उनके कब्जे की भूमि का अधिकार पत्र प्रदान करने के कार्य में गति लाने को कहा सखी वन स्टॉप सेंटर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने कल रायपुर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने सखी सेंटर में महिलाओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं और महिलाओं के प्रकरणों के निराकरण के बारे में जानकारी ली इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया श्रीमती भेड़िया ने अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के भी निर्देश दिए गौरतलब है कि सखी वन स्टॉप सेंटर में अब तक दो हजार नौ सौ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से एक हजार पांच सौ छत्तीस प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है रायपुर में देश के पहले सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना जुलाई दो हजार पंद्रह में की गई थी इस सेंटर को उल्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष दो हजार सत्रह के नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया था इन सेंटरों में सभी वर्ग धर्म संप्रदाय की महिलाओं को एक छत के नीचे उनकी जरूरत के अनुसार चिकित्सा विधिक सहायता मनोवैज्ञानिक सलाह पुलिस सहायता अस्थायी आश्रय मानसिक चिकित्सा और परामर्श की सुविधा दी जा रही है आकाशवाणी छत्तीसगढी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्ष्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का ब्नियादी ज्ञान होना वांछनीय है

छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा इस वर्ष प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों के चयन के लिए कुर्राह कार्यक्रम कल आयोजित किया जाएगा राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और विभिन्न जिलों के हज यात्री शामिल होंगे